स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रप सी और डी की भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा हेत् पंजीकरण के लिए एकल पंजीकरण पोर्टल की श्रूआत की उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई अदालत ने किसानों के मामले के हल के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया हरियाणा खेल विकास एवं कल्याण समिति ने खेल प्रस्कार विजेताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए म्ख्यमंत्री व खेल मंत्री को सम्मानित किया

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है दवाई भी और कड़ाई भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश के य्वाओं को आगे आना चाहिए और देश का भाग्य लिखना चाहिए उनहोंने कहा कि भविष्य के भारत का नेतृत्व करना यवाओं की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में देश की राजनीति भी शामिल है क्योंकि आज की राजनीति को भी य्वाओं की जरूरत है प्रधानमंत्री आज वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से दूसरे राष्ट्रीय य्वा संसद उत्सव के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि देश में पहले ऐसी धारणा थी कि अगर राजनीति मे जाता था तो लोग कहते थे कि बच्चा बिगड़ गया है उन्होंने कहा कि लोगों को विश्वास था कि सब क्छ बदल सकता था लेकिन राजनीति नहीं बदल सकती प्रधानमंत्री ने कहा कि परन्त् आज ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जग मिल रही है उन्होंने कहा कि खानदानी राजनीति लोकतंत्र की सबसे बड़ी द्शमन है और इसे खत्म किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि य्वाओं की प्रतिभा को उनके सपनों के अन्सार विकसित करने के लिए वातावरण तैयार किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद बारे बोलते हये श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने शारीरिक एवं मानसिक मज़बूती पर एक समान ज़ोर दिया श्री मोदी ने कहा कि देश को आज़ाद हये काफी समय बीत गया है लेकिन आज भी स्वामी जी का प्रभाव देखने को मिलता है देश में आज यूवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय य्वा दिवस के रूप भी मनाई जाती है राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की हरियाणा में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पलवल में डॉ भीम राव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर का जबकि भिवानी स्वास्थ्य विभाग दवारा साईकिल रैली का आयोजन किया गया यमुनानगर जिले में भी विभिन्न शिक्षण संसथानों में स्वामी जी जयंती श्रदधां से मनाई गई भिवानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग दवारा समूह ग घ और गैर राजपत्रित अध्यापकों के पदों की भर्तियों के लिए संय्क्त पात्रता परीक्षा लेने हेत् आवेदन करने के लिए एकल पंजीकरण पोर्टल की शुरूआत की मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस पोर्टल के शुरू होने से ग्रप सी और डी की भर्तियों में पारदर्शिता आयेगी और उम्मीदवारों को हर बार किसी भी विभाग में नौकरी निकलने पर पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा और बार बार फीस भी नहीं भरनी पडेगी

ग्रप डी के लिए मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों को सीधे नियुक्ति पत्र भैज दिये जायेंगे जबकि ग्रुप सी के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा म्ख्यमंत्री ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार कम अंक मिलने पर उनमें सुधार करने का इच्छुक हो तो वो अगली वार फिर से परीक्षा दे सकता है लेकिन इसके लिए उसे फिर से पंजीकरण करना होगा सुधार के लिए दी गई परीक्षा का परिणम अगले तीन साल के लिए वैध रहेगा पारदर्शिता का जिक्र करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा के लिए पंजीकरण का डेटा परीक्षा होने के बाद उसका परिणाम और मेरिट सबके लिए ऑन लाइन उपलब्ध रहेगा मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजीकरण के लिए इस पोर्टल को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है उन्होंने कहा कि हरियाणा में पांच साल के निवास के बाद परिवार पहचान पत्र बनाया जा सकेगा और जिनका निवास समय कम होगा उन्हेँ अस्थाई पहचान दी जायेगी प्रशन के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्र्प सी और डी की परीक्षा ऑन लाइन नहीं होगी जबकि ग्र्प ए और बी के पदों के लिए ऑन लाइन परीक्षा पर विचार किया जा रहा है

य्वाओं का रोज़गार दिलाने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों की जानकारी देते हये उन्होंने यह भी बताया कि किसी दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अनापति प्रमाण पत्र लेने की शर्त भी हटा दी गई है उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानुनों के अमल पर रोक लगा दी है अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषजों की एक समिति का भी गठन किया है मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रामणियम की पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक है वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद दवारा पारित तीन नये कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चूनौती देने वाली याचिकाओं की सूनवाई कर रही थी पीठ ने कहा कि अदालत इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित है तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पति की स्रक्षा के लिए भी गंभीर है मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्त्त करेगी उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है हरियाणा खेल विकास एवं कल्याण समिति द्वारा खेल प्रस्कार विजेताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल व खेल मंत्री संदीप सिंह को सम्मानित किया गया पंचकूला में इस सम्बध में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रत्न लाल कटारिया हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष भी उपस्थित रहे खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री को प्रशस्ति पत्र गददा व शाल भेंट कर और खेल मंत्री को हॉकी स्टिक शाल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन य्वाओं का दिन है जो पूरे देश मे राष्ट्रीय य्वा दिवस के रूप में तथा स्वामी विवेकानंद की जयंती के तौर पर मनाया जाता है उन्होंने कहा कि खिलाड़ी य्वाओं को प्रेरणा देते है उन्होंने कहा कि य्वा का अर्थ य्ग वाहक है य्वाओं को खेलों से जोड़कर ही सकारात्मक उर्जा का विकास होता है और सही उर्जा से बेहतर समाज का निर्माण होता है

पत्रकारो से बातचीत में सर्वोच्च न्यायालय दवारा कृषि कानूनों के लिए दिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए म्ख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से जब किसानों को लगेगा कि यह कानून उनके हित में है और समिति के माध्यम से बातचीत होगी तो इसके सकरात्मक नतीजे आएंगे

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता के बाद किसानों को अपना प्रदर्शन समाप्त कर घरों को लौट जाना चाहिए हरियाणा सरकार ने क्रूक्षेत्र के पिपली को एक विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिपली में सरस्वती सेत् पर विकसित किया जाने वाला पर्यटन केन्द्र देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान देगा उन्होंने बताया कि यह निर्णय कल चंडीगढ़ में म्ख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड की बैठक के लिया गया